हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास लेना ज़रूरी होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र ने आज ज़िला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की

उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में लोग रेड ज़ोन क्षेत्रों से आएंगे ऐसे में उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी उन्होंने उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन में सुविधाएं बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सुविधाएं इस तरह से बनाई जाएं ताकि भुगतान करने के इच्छुक लोग इनमें भुगतान के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकें गृहमंत्रालय राज्य केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिये प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग दें कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ हुई बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों और रेल पटरियों पर पैदल चलने वाले प्रवासी कामगारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है बसों और श्रमिक विशेष रेलगाडियों की आवाजाही को केंद्र सरकार की मंजूरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी कामगार सड़कों या रेल पटरियों से पैदल न जाए केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि अगर कोई प्रवासी मजदूर सड़क या रेलपटरी पर पैदल चलता हुआ पाया जाता है तो उसे समझाकर आस पास के शिविरों में भेजा जाना चाहिए

सम्मान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर को साफ सुथरा बनाने में ये कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं

रक्तदान कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने आज शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगाया इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रक्त देकर किसी का जीवन बचाना एक पुण्य का कार्य है उन्होंने कहा कि परिषद ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती रही है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां और निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की अर्थव्यवस्था जल्द रफ्तार पकड़ेगी और इसमें श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा गोविंद ठाकुर ने आज मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना और उनसे बेफिफ्र होकर काम करने का आह्वान किया उन्होंने इन कामगारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेश अध्यक्षों व ज़िला परिषदों से विचार विमर्श किया इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के उपायों पर चर्चा की जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़कर काफी हद तक जीत हासिल की है महिला मोर्चा प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने आज सोलन ज़िला प्रशासन को मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए

प्रशासन द्वारा इस सामग्री को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा